रात नौ बजे के बाद प्रदेश की सभी दुकानों फुटपाथ पर कारोबार करने वालों सहित सभी व्यावसायिक और अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी वहीं होटल और रेस्टॉरेंट में रात दस बजे तक खाना पार्सल किया जा सकेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल रात उनके निवास कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कोविड नाइंटीन टीकाकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित जिलों में तेजी से कोविड नाइंटीन टीकाकरण कार्य कराया जाए साथ ही टीकाकरण कराने में स्वास्थ्य विभाग के अलावा नगरीय निकायों के कर्मचारियों और शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जाए

हालांकि टीकाकरण के बाद भी लोगों को मास्क और सेनेटाईजर का निरंतर उपयोग करते रहना होगा उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद संक्रमित होने पर स्थिति गंभीर नहीं होती है कोरोना टीके के दोनों डोज लगने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होता है तो वह मामूली होगा और स्थिति उतनी अधिक गंभीर नहीं होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है उन स्थानों पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए इसी प्रकार गांवों में भी कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन बनाया जाए उन्होंने कहा कि व्यापारिक और औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए

उन्होंने दुर्ग बिलासपुर और रायपुर के कलेक्टरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और कलेक्टरों को वहां की परिस्थिति के अनुरूप तत्काल आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए

कोरोना समाचार देश में अभी तक करीब छह करोड़ पांच लाख तीस हजार लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़सठ हजार से अधिक लोगों में कोविड नाइंटीन के संक्रमण का पता चला है इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर एक करोड़ बीस लाख उनतालीस हजार से अधिक हो गई है हालांकि अब तक इस महामारी से करीब एक करोड़ तेरह लाख छप्पन हजार व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ भी हो चुके हैं देश में स्वस्थ होने की दर चौरानये दशमलव तीन दो प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में बत्तीस हजार दो सौ इकतीस रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई देश में इस महामारी से अब तक कुल एक लाख इकसठ हजार आठ सौ तैंतालीस लोगों की मौत हो चुकी है

इस बीच छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक और पंजाब सहित आठ राज्यों में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या हर दिन बढ़ रही है कुल संक्रमित लोगों में से चौरासी दशमलव पांच प्रतिशत व्यक्ति इन्हीं आठ राज्यों में से हैं कोरोना टीकाकरण प्रदेश में अब तक नौ लाख इंक्यानवे हजार से अधिक बुजुर्गों और पैंतालीस से उनसठ आयु समूह के गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को कोरोना टीके का पहला डोज लगाया जा चुका है वहीं कल एक सौ एक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पहला डोज और नब्बे को कोरोना का दूसरा डोज लगाया गया वहीं चार सौ उनयासी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीके का पहला डोज और छह सौ सोलह को दूसरा डोज लगाया गया जबकि पैंतालीस से उनसठ आयु समूह के नौ हजार पंचानवे लोगों को भी कोरोना टीका लगाया गया प्रदेश में कल बत्तीस हजार आठ सौ सत्रह लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो हजार एक सौ तिरपन नये मामले सामने आए इनमें सबसे अधिक दुर्ग जिले में सात सौ पचयासी और रायपुर जिले में तीन सौ इकहत्तर वहीं राजनांदगांव जिले में दो सौ पच्चीस कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई है प्रदेश में अब तक तीन लाख चालीस हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें से अब तक तीन लाख सोलह हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में उन्नीस हजार दो सौ उनतालीस मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है वहीं प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के मुख्य प्रबंध संचालक पवन देव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं

देशभर में कल शाम पारंपरिक रूप से होलिका दहन किया गया समाज के सभी जाति संप्रदाय और आयु वर्ग के लोग इस त्यौहार को उत्साह के साथ मनाते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता बेहतर स्वास्थ और समृद्धि लेकर आएगा प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का यह पर्व हर किसी को जीवन में नई ऊर्जा और नये उत्साह का संचार करेगा इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि रंगों का यह पर्व प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली लेकर आए वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए होली का त्यौहार नहीं मनाने का निर्णय लिया है उन्होंने प्रदेशवासियों से घरों में रहकर परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से होली मनाने की अपील की है साथ ही लोगों से सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम से एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भेजने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम जारी अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है श्री बघेल ने कहा कि लोगों को पहले की तरह मिल जुलकर इस महामारी से लड़ना होगा उन्होंने प्रदेशवासियों से सुरक्षित तरीके से होली मनाने और कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने की अपील की

इस वजह से लोगों ने टोलियों में निकलने की बजाय घरों में ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई वहीं कुछ सामाजिक संस्थाओं ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सूखी होली खेलने की भी पहल की छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक होली के कई तरह के रंग नजर आए बस्तर में होली पर जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की अलग झलक देखने को मिली बस्तर में होली की शुरूआत दंतेवाड़ा के फागुन मेले से होती है इस परंपरा के अनुसार शुद्ध मिट्टी और पलाश के फूलों से बने रंग देवी दंतेश्वरी और मेले में प्रतीकात्मक रूप से आए देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं इस दौरान सांकेतिक होली जलाई जाती है वहीं फागुन मेले के ठीक अगले दिन बस्तर की पहली होली माड़पाल में जलाई गई जगदलपुर में मावली माता मंदिर के सामने परंपरा के अनुसार दो होलिका और मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने एक होलिका का दहन किया गया इस बार कोरोना के कारण किसी भी संस्था द्वारा होली मिलन या फाग गायन के सार्वजनिक आयोजन नहीं किए गए वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा चौक चौराहों पर कड़ी निगरानी रखी गई

दुर्ग जिले में लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर में ही रहना बेहतर समझा चौक चौराहें सूने रहें ग्रामीण क्षेत्रों में सेलूद अमलीडीह और धमधा जैसे क्षेत्रों की सड़कें सूनी रहीं पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है साथ ही कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन ने पहले ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर धारा एक सौ चवालीस लागू किया हुआ है अमरनाथ यात्रा पंजीकरण बालताल और चंदनबाड़ी के रास्ते श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में एक अप्रैल से शुरू होगा पंजीकरण के दिशा निर्देश श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं छप्पन दिन तक चलने वाली यह यात्रा दोनों मार्गों से एक साथ अट्ठाईस जून को शुरू होगी और रक्षाबंधन के दिन बाईस अगस्त को संपन्न हो जाएगी तेरह वर्ष से कम आयु के या पचहत्तर वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का तथा छह हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा प्रधानमंत्री परीक्षा योद्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्वा पुस्तक का नया संस्करण अब छात्रों और अभिभावकों के लिए नई जानकारियों के साथ उपलब्ध है यह हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वारियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पुस्तक के नए संस्करण को छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों की मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनावमुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा महासमुंद जंगल आग महासमुंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तिरपन के किनारे दर्रीपाली के सागौन वन में आग लगने की खबर है बताया जाता है कि मुंगई माता पहाड़ी के पास स्थित इस जंगल में आग लगने के बाद वन विभाग की टीम और ग्रामीण मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है संक्षिप्त समाचार महासमुंद जिले के अछोला गांव में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई